आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नये भारत के निर्माण की नींव रखेगी

उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा छात्रों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा महसुस किया गया है कि उन पर जानकारी का बोझ बढ़ रहा है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उददेश्य एक बेहतर इन्सान तैयार करना है उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के ज्ञानार्जन पर भी जोर दिया गया है क्योंकि शिक्षक ही प्रब्द्ध छात्र तैयार करते हैं उन्होंने कहा कि अब छात्रों को अपना पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा होगी और उच्च शिक्षा पर कोई बंधन नहीं होगा

मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर यह बात कही

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि अभ्यर्थियों की स्विधा के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा श्रू की गई है परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र अभिलेख सत्यापन और अन्य आवश्यकता होने पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आयोग को ऑनलाइन परीक्षाएं कराये जाने की भी अनुमति दी है ऑनलाइन परीक्षाएं कराने वाला आयोग राज्य की पहली परीक्षा संस्था होगी इसी वर्ष से ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारम्भ किया जाना भी प्रस्तावित है

मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के साथ बै क में अधिकारियों को उद्योगों से संबंधित समस्याओं का समयबद्धता से निस्तारण करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी औद्योगिक इकाई बंद न हो आत्मनिर्भर भारत में उद्योग जगत प्रम्ख सहयोगी है और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिस्टम को निवेश और उद्योगों के अनुकूल बनाने के लिए पिछले तीन सालों में बहत से स्धार किए गए हैं प्रम्ख उद्योगपतियों औद्योगिक संग नों और विशेषज्ञों के सुझाव पर अनेक नीतियों का निर्माण किया गया है म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आने वाले लोगों की स्किल मैपिंग करते हए उनका होप पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है श्रमिकों के चले जाने से समस्या का सामना करने वाले उद्योगों को यहां से उनकी आवश्यकतान्सार मानव संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं बै क में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष पंकज ग्रुप्ता ने कहा कि एसोसियेशन के सदस्य म्ख्यमंत्री स्वोजगार योजना में सक्रिय भ्र्मिका निभाने के लिए तत्पर हैं

इस पोर्टल पर शॉल स्टोल मफलर ऐपण ताम्रशिल्प जैसे राज्य के प्रम्ख शिल्प और हथकरघा उत्पाद को ऑनलाइन बेचा जा रहा है

इनको खटीमा चमोली बागेश्वर अल्मोड़ा नैनीताल उत्तरकाशी के ब्नकरों और शिल्पियों ने तैयार किया है म्ख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के वोकल फॉर हैंडमेड म्हिम से राज्य के हथकरघा उत्पादों को जोड़े जाने और सभी संबंधित विभागों को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्धारण के निर्देश दिये हैं ग्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देश के हथकरघा और हस्ततशिल्प क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने देश के प्राचीन शिल्प को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया अपने ट्वीट में उन्होंने देशवासियों से कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे अधिक से अधिक हाथ से बनी वस्त्रओं का इस्तेमाल करें इस अवसर पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी हाथ से बनी वस्तुओं के अधिक से अधिक इस्तेमाल की अपील की उन्होंने कहा कि पांच वर्ष पहले आज ही के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरूआत हुई थी उन्होंने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित एक मोबाइल एप की भी श्रूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि वह ब्नकरों के साथ डिजीटल सम्पर्क भी स्थापित करे

उन्होंने कहा कि मध्मक्खी पालन एक ऐसा कम खर्चीला घरेल् उद्योग है जिसमें आय रोजगार और वातावरण श्द्ध रखने की क्षमता है जिलाधिकारी ने मानप्र में संचालित मध्मक्खी पालन एवं शहद उत्पादन परियोजना का भौतिक निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा रोजगार है जिसे समाज के हर वर्ग के लोग अपनाकर लाभान्वित हो सकते हैं मौसम अपडेट प्रदेश के कई जिलों में कल और परसो भारी से बहत भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के म्ताबिक कल और परसो पिथौरागढ़ बागेश्वर नैनीताल देहराद्न पौड़ी उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग और चमोली में बहृत भारी बारिश होने की संभावना है साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है वहीं आज पिथौरागढ़ बागेश्वर नैनीताल चंपावत देहरादून पौड़ी और चमोली में भारी बारिश हो सकती है इस बीच लगातार हो रही बारिश से चमोली रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी पिथौरागढ़ और बागेश्वर में सड़कों पर मलबा आने से क्छ स्थानों पर सड़क यातायात प्रभावित होने की खबर है

पीपीई किट कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस्तेमाल की गई पीपीई किट का निस्तारण करने के लिए इससे बायोफ्यूल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज इसकी तैयारी कर रहा है संस्थान के केमेस्ट्री विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर भावना ने बताया कि इसके लिए एक खास तकनीक पर कार्य किया जाता है वहीं केमेस्ट्री विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सपना ने बताया कि पीपीई किट से बायो ऑयल बनाना एक च्नौतीपूर्ण कार्य है इस पर शोध कार्य हो गया है और अब जल्द ही रिएक्टर की तैयारी प्री हो जाएगी राजमार्ग विस्तारीकरण उधमसिंह नगर जिले मे राजमार्गो के विस्तारीकरण और चौड़ीकरण के लिए राजमार्गो पर आने वाले धार्मिक स्थलों को पूरी धार्मिक निष्टा और आस्था के साथ चिन्हित कर नए स्थान पर भव्य रूप में स्थापित किया जाएगा